मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

उन्होंने लोगों को संदेश दिया कि वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और वे वैक्सीन लगवाने में लापरवाही ना बरतें इसी तरह सांसद निहालचंद मेघवाल ने आज श्रीगंगानगर जिले के रायसिंहनगर में कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगवाई उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत निर्मित वैक्सीन के द्वारा दुनिया के सबसे टीकाकरण का हिस्सा बनाना गर्व का विषय है सांसद ने स्वास्थ्य केन्द्र पर टीका लगवाने के लिए आए लोगों से अपना अनुभव साझा किया

एक करोड नौ लाख से अधिक रोगी इस संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं

जो लोग कोविड टीका लगवा चुके हैं वे भी अपना संदेश भेज सकते हैं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

उन्होंने आज जयप्र में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि देश के आर्थिक विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा के मद्देनजर आर्थिक विकास और निवेश में निरन्तर बढ़ोतरी बहुत महत्वपूर्ण है

उन्होंने कहा कि भारत कोविड से तेजी से उबरने वाले अग्रणी देशों में शामिल है कार्यक्रम में हए अन्य सत्रों में दक्षिण पश्चिम कमान के लेफ्टिनेन्ट जनरल आलोक क्लेर और रक्षा क्षेत्र से जुड़ी अन्य हस्तियों ने संबोधित किया

आपदा प्रबंधन विभाग ने ओलावृष्टि से प्रभावित जिलों को नुकसान के आंकलन को कहा है

हाडौती संभाग के कोटा ब्रंदी बारां तथा झालावाड़ जिलों में हुए नुकसान का सर्वे किया जा रहा है इस बीच में मौसम में आये बदलाव के कारण दिन और रात के तापमान में दो से तीन डिग्री सैल्सियस की गिरावट दर्ज की गयी है

नई दिल्ली में प्रदर्शनी के उदघाटन के बाद श्री जावडेकर ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के महान बलिदान के बाद देश को आजादी मिली थी

सुदर्शन चक्र डिवीजन के सैनिकों और उनके परिवार ने इसका स्वागत किया

इस विजय ज्योति को स्टेशन कमांडर ने शोर्य स्थल पर प्राप्त किया जनरल ऑफिसर कमांडिंग सुदर्शन चक्र डिविजन ने युद्ध वीरों को पुष्पांजलि अर्पित की इस मौके पर स्टेशन के सैनिक और केन्द्रीय विद्यालय के विद्यार्थी उपस्थित थे मशाल के श्रीगंगानगर में रहने के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है

अन्य कार्यक्रमों में वीर नारी और सेवानिवृत्त सैनिकों को सम्मानित भी किया जाएगा

अंतिम संस्कार के दौरान संस्थान के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यपाल कलराज मिश्र तथा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शोक संदेश को पढकर सुनाये

ये हादसा दिल्ली के पर्यटकों की मिनी बस के जैसलमेर से वापस लौटते समय सुबह गांडना गांव के पास एक ट्रोले से टकराने से हुआ घायलों का बाप के अस्पताल में इलाज चल रहा है राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हादसे पर गहरा शोक प्रकट किया है

शेष अभ्यर्थियों का साक्षात्कार कार्यक्रम बाद में जारी किया जायेगा अभ्यर्थियों के साक्षात्कार पत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिये गये है

इस वर्ष परीक्षा पे चर्चा का चौथा संस्करण होगा और इसे ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एग्जाम वॉरियर अभियान का एक हिस्सा है जो छात्रों के लिए तनावमुक्त वातावरण का सुजन करता है छात्र इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए सरकारी वेबसाइट माई गोव पर पंजीकरण करा सकते हैं